उन्होंने बगस्याड़ में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय का शुभारम्भ किया

बाद में मुख्यमंत्री ने मण्डी में व्यापार मण्डल द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में कांगनी धार में शिवधाम विकसित करने का ऐलान किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कांगनी धार में विश्वस्तरीय हैलीपोर्ट बनाया जाएगा और मण्डी शहर में ब्यास नदी के साथ एक कृत्रिम झील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जयराम ठाकुर ने मण्डी में एक बहुमंज़िला पार्किंग और आधुनिक ऑडिटोरियम बनाने की बात भी कही उन्होंने समाज निर्माण में व्यापारी वर्ग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि व्यापारियों से लिया जाने वाला कर राष्ट्र के विकास में लगाया जाता है भाजपा कांग्रेस धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपच्नाव की घोषणा के बाद प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस चुनावी गतिविधियों में जुट गई हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि इस उपचुनाव के लिए भाजपा जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की जल्द बैठक बुलाकर उम्मीदवारों के नाम संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे और संसदीय बोर्ड द्वारा इन पर मोहर लगाई जाएगी सत्ती ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इन उपचुनावों में पार्टी जीत हासिल करेगी उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टी होने के नाते कुछ नेताओं में मनमुटाव हो सकता है लेकिन इसे गुटबाज़ी नहीं कहा जा सकता दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव के लिए पार्टी नेताओं से आवेदन मांगे हैं प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजेगी प्रत्याशियों के नाम हाईकमान द्वारा तय किए जाएंगे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने किसानों से मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने का आहवान किया है मण्डी ज़िले के कनूही छेज लहसनी और गवैला में जन शिकायत कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

आशा कुमारी ने कहा कि चम्बा मैडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी उन्होंने सरकार पर चम्बा में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को लेकर भी लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लाहौल स्पीति ज़िले की थिरोट पंचायत में आज एक जागरूकता शिविर लगाया गया इसकी अध्यक्षता करते हुए उदयपुर के उपमण्डल अधिकारी कृष्ण चंद ने लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने की सलाह दी

हिमाचल डाक सेवाएं निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री ने आज शिमला में बताया कि ये प्रतियोगिता इंदिरा गांधी खेल परिसर में होगी जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक व शारीरिक रूप से फिट रखना है

योगा नालागढ़ में हुई राज्यस्तरीय योग प्रतियोगिता में शिमला की काजल ठाकुर ने स्वर्ण उमेश हरनोट ने रजत रमन गांगटा और दिव्या ठाकुर ने कांस्य पदक हासिल किए हैं

शिमला योगा फैडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को योग की ओर आकर्षित करना था ताकि उन्हें नशे से दूर रखा जा सके